मतगणना चौबीस अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश में संगठित अपराध पर अंक्श लगाने में मिली सफलता करतारपुर साहिब गलियारा समझौते पर भारत कल हस्ताक्षर करने को तैयार पाकिस्तान से कहा तीर्थयात्रियों पर शुल्क हटाने पर करे विचार आगामी छब्बीस अक्टूबर से बदल जायेगा आपातकालीन हेल्य लाइन नम्बर

प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिये मतदान कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सीटों पर कुल सैंतालिस प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट पर सबसे अधिक साठ दशमलव तीन शुन्य प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि राजधानी लखनऊ की कैंट विघानसभा सीट में सबसे कम अट्ठाईस दशमलव पांच तीन प्रतिशत वोट पड़े कानपुर की गोविंदनगर सीट के मतदाताओं में भी उत्साह कम दिखा और यहां बत्तीस दशमलव छः शून्य प्रतिशत मतदान हुआ रामपुर सीट पर कुल चौवालिस प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कुछ शिकायतें मिलीं लेकिन उन्हें जल्द ही दूर कर लिया गया जिन सीटो पर उप चुनाव हुए वे हैं लखनऊ कैंट बाराबकी की जैदपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इगलास मऊ की घोसी कानपुर की गोविंदनगर चित्रकूट की मानिकपुर और प्रतापगढ़ सीट है प्रदेश विधानसभा की रिक्त ग्यारह सीटों पर कल उप चुनाव सम्पन्न होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चन्द्रमोहन ने कहा है कि उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी ऐतिहासिक परिणाम आयेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही उप चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ भाग लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश के महामंत्री संगठन श्री बंसल जी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकत्वाों ने एकाग्र परिश्रम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सभी जगह जाके जनता के बीच में गये और सरकार की उपलब्धियों को मादी जी के मिशन को जनता के सामने रखने का काम किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी सीटो ंपर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि प्रदेश में हुए विधानसभा सीटों के उप चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर परिणाम देगी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश प्रगति की राह पर अग्रसर है और पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निमा रहे हैं श्री शाह कल नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहे थे गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों के कार्य स्थल को बेहतर बनाने उनके स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित सभी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित बनाने के लिए समयबद्ध कदम उठायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस बल और उनके परिवारों का अभिवादन किया और शहीद पुलिसकर्मियों को भावमीनी श्रद्वांजलि अर्पित की श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से दायित्व का निर्वाह करते हैं और उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले पुलिस के जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित परेड की मुख्यमंत्री ने सलामी ली और शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया उन्होंने कहा कि पुलिस की हौसला अफजाई और अपराधियों के खिलाफ जीरो दॉलरेंस नीति से सरकार को प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकृश पाने में सफलता मिली है शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वाजंति अर्पित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों में कानून का भय व्याप्त करना सरकार की प्रमुख नीति है उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में छानबे अपराधी पुलिस कार्रवाई में मारे गये हैं जबकि सोलह सौ इकतीस घायल हुए हैं कुल दस हजार दो सौ बावन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है जो जेल के बाहर खुले में घूम रहा हो ऐसे अपराधियों को या तो जेल भेज दिया गया है या वे पुलिस कार्रवाई में मारे गए मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी प्रमुख पर्व त्योहार मेले और अन्य धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिये एण्टी रोमियो स्क्यॉड का जिक करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में महिलाओं विशेषकर छात्राओं में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है

इसके साथ ही भारत ने तीर्थयात्रियों पर बीस अमरीकी डॉलर का शुल्क लगाये जाने को बहुत निरशाजनक बताया भारत ने कहा है कि उसने लगातार पाकिस्तान से आग्रह किया है कि श्रद्वालुओं की इच्छा को देखते हुए उसे इस तरह का शुल्क नहीं लगाना चाहिए भारत ने पाकिस्तान को शुल्क लगाने के अपने फैंसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के यात्रियों की सुविधा से जुड़ी अनेक बातों पर पाकिस्तान के साथ रजामंदी बन गयी है प्रदेश में किसानों की आय वर्ष दो हजार बाईस तक दोगुना करने की दिशा में कृषि एवं संबंधित विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं इसी कम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर किसान पाठशाला का शुभारम्म किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है उन्होंने कहा कि किसानों को खराब बीज वितरित करने वाली कम्पनियों पर अंक्श लगाना जरूरी है कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि के विकास के लिए तकनीक का विकास बहुत जरूरी है सरकार किसानों को खेती के आध्रनिक तौर तरीके और तकनीक से अवगत कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है पन्द्रहयें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे उनके साथ आयोग के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण भी होंगे आयोग प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोग प्रदेश के चार दिवसीय दौरे पर है और सरकार के विभिन्न विभागों से योजनाओं और विकास कायों पर चर्चा कर रहा है एक रिपोर्ट प्रदेश के अपने चार दिवसीय दौरे के पहले चरण में आयोग की टीम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय ष्टेत्र वाराणसी का दौरा किया और शहर में चल रहे तयाम महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के साथ ही मौके पर जाकर हालात का जायजा भी लिया कल आयोग ने लखनऊ में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों और शहरी स्थानीय निकायों व्यापार और औघोगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ ही सियासी पार्टियों के नुमाइदों से भी बातचीत की आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा रठाए गए मुद्दों को सुना और उन्हें भरोसा दिया कि केंद्र सरकार को भंजी जाने वाली संस्तृतियों में इसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी आज दौरे के आखिरी दिन आयोग के सदस्यों की राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान प्रदेश के क्तिय हालात और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा होगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आपातकालीन स्थिति में लोगों को मदद के लिये अब सौ नम्बर की जगह एक सौ बारह नम्बर डॉयल करना होगा पुलिस विभाग ने आगामी छब्बीस अक्टूबर से आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बर बदलने का फैसला किया है पुलिस महानिदेशक ओपीसिंह ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी प्रेषित कर दी है पत्र में कहा गया है कि एक सौ बारह नम्बर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में आपातकालीन हेल्य लाइन के रूप में पूर्व से ही स्थापित है इसी कम में केन्द्र सरकार ने एक सौ बारह नम्बर को पूरे देश में आपातकालीन हेत्य लाइन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है इसे चरणवार सभी प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि एक सौ बारह नम्बर डॉयल करके पुलिस फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सहित अन्य जीवन रक्षक एजेंसियों की सेवा प्राप्त की जा सकेगी भाजपा सांसद हरीश ट्विवेदी ने कहा है कि महात्मा गांधी ने गांव गरीब और किसानों के लिये जो सपना देखा था उसे आज केन्द्र की मोदी सरकार तथा प्रदेश की योगी सरकार साकार कर रही है